संयुक्त राष्ट्र महासभा के चौहत्तर्वे अधिवेशन से अलग आतंक तथा अतिवादी बयानों पर दुनिया के रूख पर विश्व नेताओं की बैठक में उन्होंने कहा कि ट्विपक्षीय और क्षेत्रीय ढांचे से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान को और अधिक बढ़ाया जाना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि भारत मौजूदा सहयोग को और आगे बढ़ाने की दिशा में तथा मित्र देशों के क्षमता निर्माण के लिए काम करता रहेगा विदेश मंत्रालय में सचिव ए गीतेश सरमा ने न्यूयार्क में संवाददाताओं को बताया कि बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवादियों को धन और हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए उन्हॉने कहा कि विश्व में कहीं भी ऐसे हमलों को आतंकी कार्रवाई माना जाना चाहिए आतंक सिर्फ आतंक है यह अच्छा या बुरा नहीं है सचिव ने बताया कि श्री मोदी ने इस अवसर पर कहा कि विश्व ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए जैसी एकजुटता दिखाई है वैसी ही एकजुटता और तत्परता आतंकवाद से निपटने के लिए भी दिखाई जानी चाहिए प्रधानमंत्री ने आपसी बातचीत और गोपनीय सूचनाओं के आदान प्रदान से आतंकवाद पर लगाम लगाने के काम में गुणात्मक सुधार का आह्वान किया प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवादियो को धन मुहैया कराने के सभी साधन बंद करने होंगे इसके लिये हमें आतंकवादियो पर प्रतिबंध लगाने का लक्ष्य हासिल करने के लिये विभिन्न संस्थाओ में राजनीति बंद करनी होगी श्री सरमा ने कहा कि बैठक में आतंकवादियों और इंटरनेट पर मौजूद हिंसक उग्रवादी सामग्री को नष्ट करने के लिए क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन का भी जायजा लिया गया भारत ने साइबर स्पेस को आतंकवाद घृणा और हिंसा को बढ़ावा देने और उसे महिमा मंडित करने वाली सामग्री से मुक्त करने के क्राइस्टचर्च कॉल का समर्थन किया है संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में दुनिया की सबसे ज्यादा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जित करने वाले उद्योगों को कम कार्बन उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है भारत और स्वीडन के साथ अर्जेन्टीना फिनलैण्ड फ्रांस जर्मनी आयरलैण्ड लग्जमबर्ग हॉलैण्ड दक्षिण कोरिया तथा ब्रिटेन और कंपनियों के एक समूह ने उद्योगों में इस तरह के बदलाव लाने के लिए एक नये नेतृत्व समूह की घोषणा की है आज संवाददाता सम्मेलन में पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पिछले दो दिनों में जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में बड़े फैसले हुए हैं जिसमें भारी उद्योगों के बिना किसी बाहरी मदद के कम कार्बन उत्सर्जन की दिशा में काम करने का फैसला भी शामिल है श्री जावड़ेकर ने सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प का आना उच्चकोटि की कूटनीति का उदाहरण बताया पेरिस समझौते के अस्वीकार होने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन में मोदी जी को सुनने आए मेरे हिसाब से ये पहले राष्ट्रपति थे जो मोदी जी को सुनने पहुंचे हाउडी मोदी से दुनिया के सामने दोस्ती की एक नई मिसाल सामने आई है जोकि उच्चकोटि की कूटनीति का एक उदाहरण है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों से स्वच्छ भारत अभियान की तरह जल शक्ति अभियान को सफल बनाने को कहा है उन्होंने कहा कि देश ने स्वच्छता के लक्ष्य को लगभग हासिल कर लिया है और देश खुले में शौच से लगभग मुक्त होने वाला है नई दिल्ली में छठे भारत जल सप्ताह दो हजार उन्नीस के कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा कि दो अक्टूबर को देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवी जयंती स्वच्छ भारत अभियान के पूर्ण होने के दिन के रूप में मना रहा है उन्होंने बताया कि सरकार ने दो हजार चौबीस तक सभी ग्रामीण परिवारों को जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन अभियान की शुरूआत की है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुयी कैबिनेट बैठक में यूपी मिनिस्टर्स कानून दो हजार सोलह में संशोधन किया गया सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने कैबिनेट बैठक के बाद आज लखनऊ में बताया कि अब तक मुख्यमंत्री और मंत्रियों का आयकर राज्य सरकार जमा करती थी पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के आयकर के रूप में कुल छियालीस लाख सत्तासी हजार रूपये जमा किये थे कैंबिनेट बैठक में प्रदेश के सात नगर निगमों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का भी फैसला लिया गया इनमें मेरठ गाजियाबाद अयोध्या गोरखपुर मथुरा वृन्दावन शाहजहांपुर और फिरोजाबाद शामिल हैं प्रदेश सरकार इन शहरों के विकास के लिये पचास पचास करोड़ रूपये देगी